अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने तथा स्वास्थ्यकर्मियों के चोटिल होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है अध्यादेश में उत्पीडन शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल यह अध्यादेश लाने को मंजूरी दी थी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी कोविड नाइन्टीन महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहंचाने को सहन नहीं किया जाएगा आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरैसेन्ट अब बर्दास्त नहीं होगी और इसलिये उनको पूरा संख्यण देने वाला एक अध्यादेश तागू करने का फैसला हुआ है यह संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत ना मिलने वाला होगा तीस दिन में इसकी इन्वेस्टीगेसन पूरी होगी सीनियर इन्सपेक्टर के तेवल पर ही इन्वेस्टीगेशन होगी और एक साल में पैसला आयेगा और कड़ी सजा का प्राक्वान किया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के दोषियों को तीन से पांच महीने की कैद तथा पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात वर्ष की कैद और एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी संशोषन अध्यादेश दो हजार बीस लाने का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने अध्यादेश के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में स्वास्थ्यकर्मी अपना जीवन खतरे में डालकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं उनसे अभद्रता अक्षम्य है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे वे पूर्णबंदी के कारण वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये इसमें हिस्सा लेंगे श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की शुरूआत भी करेंगे केंद्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन के कारण कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हए अपने कर्मचारियों के महंगाई मत्ते में वृद्वि पर रोक लगा दी है कोविड नाइन्टीन के कारण उत्पन्न संकट के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि पहली जनवरी दो हजार बीस से देय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनमोगियों को महंगाई राहत राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा पहली जुलाई दो हजार बीस और पहली जनवरी दो हजार इक्कीस से देय मंहगाई मते और मंहगाई राहत को अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा हालांकि मौजूदा दर पर मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत जारी रहेगी प्रदेश सरकार ने राज्य के दस जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया है ये जिले पीलीमीत लखीमपुरखीरी हाथरस बरेली प्रयागराज महाराजगंज शाहजहांपुर बाराबंकी हरदौई और कोशाम्बी हैं जहां अब कोविड नाइन्टीन संक्रमण का कोई मामला नहीं है इस बीच पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक सौ बारह संक्रमित मामलों की पुष्टि होने से यह संख्या एक हजार चार सौ उनचास हो गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की सत्ताईस तारीख को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के मददेनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही वीडियो कॉन्फ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने से पहले हुयी थी वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज मुस्लिम धर्मगुरूओं और मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के संबंध में चर्चा की उन्होंने कहा कि पवित्र रमजान महीने में रोजेदारों को आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्यता सुनिश्चित की जाएगी जिलाधिकारी ने कहा कि रमजान के दौरान किसी को भी गली मुहल्लों में निकलने की अनुमति नहीं होगी गोरखपूर के मंडलायक्त जयंत नार्लिकर ने कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने में धर्मगुरूओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है कुशीनगर जिले की तहसील कप्तानगंज में आज मुस्लिम धर्मगुरूओं के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि संकट के इस समय में सभी को आगे आकर लॉकडाउन का अनुपालन कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरूओं से अपील की कि वे आगामी पवित्र रमजान महीने में लोगों से घरों में रहकर इबादत करने को कहें कुशीनगर के पूर्व सांसद राजेश पाण्डेय ने अपनी व्यक्तिगत निधि से पीएम केयर्स फंड में एक लाख रूपए दिए हैं उन्होंने कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने में सभी से सरकार का सहयोग करने की अपील की जौनपुर जिले में आज सत्तावन लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के सड़सढ कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट आना अभी शेष है